प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि सरकार तरल प्राकृतिक गैस के स्टेशन की संख्या में वृद्धि कर रही है और देश भर में गैस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड और सिटी गैस वितरण पर काम कर रही है

उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है

श्री मोदी ने कहा कि भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को अपने लिए नहीं बल्कि मानवता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राप्त करना होगा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय में ग्रदासप्र जिले के डेरा बाबा नानक के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करताल गलियारे के निमार्ण और विकास को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सभी आध्निक सुविधाओं के साथ करतारप्रा गलियारा परियोजना का केन्द्र सरकार खर्च उठायेगी परियोजना से प्रे साल ग्रूद्वारा साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग आसान हो जायेगा एक टिवीट में गृंहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से उनके क्षेत्र मे उपय्क्त स्विधाओं के साथ गलियारे को विकसित करने का आग्रह किया जायेगा एक और बड़े फैसले के तहत केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्मार्ट सिटी सिद्वांतों पर सुल्तानप्र लोदी को विरासत शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है

श्री जेटली ने कहा कि इस अवसर को चिन्हिंत करने के लिए भारत सरकार स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेगी तथा देश भी मे धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जायेगी

कालका की विधायक लतिका शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सब्जी उत्पदकों को जोखिम मुक्त करने के लिए यह कदम उठाया है

पंजीकरण के लिए पहचान पत्र फोटो व बैंक पासब्क जैसे कागजात अनिवार्य है

हरियाणा सरकार ने सोनीपत शहर के अन्सूचित जाति आबादी बहल कालोनियों में दीन दयाल उपाध्यय सेवा भारती बस्ती उत्थान के तहत सात करोड़ सड़सठ लाख रूपये खर्च कर यहां एलईडी लाईटस लगाने गलियो का निर्माण तथा बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था करने का निर्णय किया है इसके लिये नगर निगम दवारा निविदायें आंमत्रित की गई है म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने इसकी प्ष्टि करते हए बताया कि मुख्यमंत्री ने इसी स्वीकृति दे दी है फतेहाबाद मे किसानों द्वारा लगातार पराली जलाने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है प्रशासन ने पराली जलाने पर गांव ढांणी चानचक के दो किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है इन्होंने अपने साढ़े पांच एकड़ खेत में पराली जलाई थी प्लिस के अन्सार जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जायेगा

सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा है कि नगर निगम च्नाव को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है और भाजपा अपने च्नाव चिन्ह पर ये च्नाव लड़ेगी

आज सोनीपत सहकारिता मेले के श्भारंभ मौके पर सोनीपत पहंचे श्री मनीष ग्रोवर ने सोनीपत चीनी मिल के पिराई सत्र का श्भारंभ किया और कहा कि किसानों को पिराड्र मौसम दौरान कोई समस्या नहीं आने दी जायेगी उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में जितने काम हये है उतने कभी नहीं हये हरियाणा में इनैलो में ह्ये घरेलू विवाद को लेकर इनैलो नेताओं के पार्टी लगातार इस्तीफों का दौर जारी है आज अम्बाला में भी भारी संख्या में इनैलो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफें दे दिये इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि वे सभी अजय व द्ष्यंत चौटाला के साथ है उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिये है ये इस्तीफे अजय चौटाला को भिजवायेंगें उनहोंने कहा कि जिलाध्यक्ष को छोड़कर पदाधिकारी व ज्यादातर कार्यकर्ताउनके साथ है अम्बाला से इनैलो के चार जिला परिषद सदस्य है उनमे से तीन सदस्य द्वष्यंत चौटाला के साथ है यम्नानगर जिले के बिलासप्र कस्बे मे चल रहे राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले मे श्रद्वाल्ओं का सैलाब उमड़ रहा है आज दोपहर तक सात लाख श्रदवालू मेले मे पहंच चूके थे सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना की जा रही है जिला उपायुक्त व श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष गिरीश अरोड़ा ने बताया कि मुख्य स्नान आज आधी रात से श्रू होगा कार्तिक प्र्णिमा पर पवित्र सरोवरों में स्नान के लिए दस लाख श्रद्वाल्ओं के आने की उम्मीद है मेले में सुरक्षा व सुविधा का प्रा प्रबंध है तथा आसपास के जिलो के अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है नई दिल्ली में चल रही महिला विश्व चैमिप्यनशिप के मुक्केबाज़ी मुकाबले में एम सी मेरीकॉम फाइनल में प्रवेश कर गई है

एक और स्वर्ण पदक उन्हे सफलता की चोटी पर ले जायेगा

हरियाणा सरकार ने सात दिसम्बर को उन कर्मचारियों के लिये वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की है जो राजस्थान में मतदाता है ताकि वे मतदान के दिन विशेष छ्ट्टी लेकर राजस्थान जाकर अने मताधिकार का प्रयोग कर सके एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये छुट्टी सभी हरियाणा सरकार के दफतरों बोर्डो निगमों व शिक्षण संस्थानों में लागू होगी जो राजस्थान के पंजीक़त मतदाता है

इसकी स्थापना के बाद नशे के खात्मे को लेकर बेहतरनी कार्य करने वाले एनजीओ के जरिये विभिन्न विभागों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जायेगा